चाईबासा कोषागार मामले में लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है श्री प्रसाद चारा घोटाला के चार मामले में सजायाफ्ता हैं चाईबासा कोषागार के दो मामलों और देवघर कोषागार के एक मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है दुमका कोषागार से संबंधित मामले में अभी उनकी ओर से जमानत याचिका नहीं दाखिल की गई है इस मामले में लालू प्रसाद को सर्वाधिक सात साल की सजा मिली है चाईबासा कोषागार के जिस मामले में उन्हें जमानत मिली है उसमें उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई है

राज्य में अब तक अस्सी हजार चार सौ उनचालीस लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके है पिछले कुछ हफ्तों से लगातार स्वास्थ्य दर में वृद्वि दर्ज की गई है वर्तमान में कोरोना की स्वास्थ्य दर लगभग नवासी प्रतिशत दर्ज की गई है वहीं अब तक कुल नब्बे हजार चार सौ छियासी कोरोना के मामले सामने आए हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे में सात सौ चौरासी नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि बारह सौ तिरसठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुटटी दे दी गई है नए संक्रमितों में सबसे अधिक रांची से दो सौ सैंतालीस मामले सामने आए हैं जबकि सबसे कम गुमला से दो संक्रमितों की पुष्टि हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्वीटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान की शुरूआत की आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है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

जिला पुलिस सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त अभियान टीम को यह सफलता मिली है टीम को गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेंगाड़बेड़ा और आराहासा के बीच कच्ची सड़क पर शक्तिशाली बम होने की आशंका हुई इस पर बम निरोधक दस्ते ने खोज करते हुए दो सिलेंडर बम बरामद किये चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथूराम मीणा ने बताया कि बरामद किए गए बमों को बम निरोधक दस्ते के द्वारा जंगल में ही भी नष्ट कर दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत कई केन्द्रीय मंत्रियों और नेताओं ने केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान को उनके नई दिल्ली स्थित आवास जाकर श्रद्वांजलि दी इस दौरान प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री के परिजनों से मुलाकात की केन्द्रीय मंत्री के पार्थिव शरीर को दोपहर बाद पटना ले जाया गया दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार कल पटना में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा गौरतलब है कि रामविलास पासवान का कल नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था गृहमंत्रालय के निर्देश पर दिवंगत नेता के सम्मान में दिल्ली और राज्यों तथा कोन्द्र शासिंत प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहे और कल भी संस्कार स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को आज रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी

प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डा रामेश्वर उराँव ने कहा कि पिछले चार दशकों से अधिक समय से राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में रामविलास पासवान सक्रिय थे उनके निधन से पूरे देश एवं राज्य को अपूरणीय क्षति हुई है

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को रामबिलास पासवान के निधन के बाद उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री गोयल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा इस मंत्रालय का प्रभार सौंपे जाने का आदेश जारी किया है

दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों के होनेवाले उपचुनाव को लेकर आज अधिसुचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है पहले दिन आज झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने नामांकन पत्र खरीदा है अधिसूचना के अनुसार दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी सोलह अक्टूबर तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे जबकि सत्रह अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि उन्नीस अक्टूबर निर्धारित की गई है तीन नवम्बर को मतदाता अपने मतदाधिकार का प्रयोग करेंगे और दस नवम्बर को मतगणना के बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा द्मका के अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो को द्मका विधानसभा उपचुनाव का निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है जबकि द्मका प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाये गये हैं इधर बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए भी जिला निर्वाची पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने अधिसूचना जारी की उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन कराया जाएगा खूंटी जिले के मारंगहादा थाना को तिलमा पंचायत के सामुदायिक भवन में बनाने का विरोध ग्रामीणों ने किया है खूंटी समाहरणालय में आज बड़ी संख्या में तिलमा पंचायत के ग्रामीण उपायुक्त से मिलने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि मारंगहादा थाना के नाम से पुलिस प्रशासन ने सामुदायिक भवन तिलमा में पुलिस बलों को अल्पावधि के लिए ठहराव कराया था लेकिन अब स्थायी थाना बनाने की बात पुलिस प्रशासन के अधिकारी करने लगे हैं तिलमा में स्थायी थाना निर्माण को लेकर ग्रामीण आपत्ति जता रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघ्यवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से महागठबंधन सरकार की नौ महीनों की उपलब्धियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है श्री दास ने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है

देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद श्री दास ने कहा है कि देवघर की अर्थव्यवस्था बाबा मंदिर से जुड़ी है उन्होंने सरकार से मांग की है कि देश के अन्य मंदिरों की तरह विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर को देश के तीर्थयात्रियों के लिए खोला जाए

सिमडेगा जिले के क्रडेग थाना के बरकोना गांव में एक शिक्षक से दो लाख रूपये रंगदारी मांगने के आरोप में तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

आरोपी से पूछताछ के बाद दो अन्य आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों को बरकरार रखा है रिजर्व बैंक ने आज मुम्बई में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रिवर्स रेपो दर पहले की तरह तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत और रेपो दर चार प्रतिशत पर बरकरार रहेगी रांची में आईपीएल क्रिकेट लीग में ऑनलाइन सट्टाबाजार में खेलनेवाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

पकड़े गए आरोपी के पास से एक लैपटॉप मोबाइल और पेन ड्राइव जब्त किया गया है रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम को सूचना मिली थी कि रातू थानाक्षेत्र में आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा लगाकर प्रलोभन देकर लोगों से ठगी की जा रही है